तीसरे और अंतिम चरण में प्रदेश की सात संसदीय सीटें रायपुर बिलासपुर दुर्ग कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं इन सात लोकसभा सीटों पर कुल एक सौ तेईस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इन सात संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए पंद्रह हजार से अधिकमतदान केन्द्र बनाए गए हैं कल एक करोड़ सत्ताईस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान केन्द्रों में छाया और पेयजल की व्यवस्था की गई है

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी सात संसदीय क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अस्सी हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है

माओवाद प्रभावित बलरामपुर जिले में झारखंड की सीमा से लगे इलाकों में ड्रोन के जरिये निगरानी रखी जा रही है तीसरे चरण का मतदान शुरू होने में अब बारह घंटे से भी कम का समय शेष रह गया है मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान दलों को ईव्हीएम वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्रियों का वितरण किया गया और इसके बाद पर्याप्त सुरक्षा के साथ इन दलों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया इन मतदान दलों पर सी टॉप्स एप्लीकेशन के माध्यम से नजर रखी जा रही है सभी सात लोकसभा क्षेत्रों में कल सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा जो पांच बजे तक चलेगा इन लोकसभा क्षेत्रों के तहत अंठावन विधानसभा क्षेत्र आते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व का अभिन्न हिस्सा बनने की अपील की है

इसके अंतर्गत आने वाले कोरिया जिले के सेराडांड गांव का मतदान केन्द्र इस मायने में अनूठा है कि यहां केवल चार मतदाता है इनमें से तीन एक ही परिवार के सदस्य हैं इसी संसदीय क्षेत्र में शामिल भरतपुर सोनहत इलाके के कांटो और रेवला मतदान केन्द्र में भी बीस से कम मतदाता हैं वहीं कोरबा संसदीय सीट का रामपुर इलाका हाथी प्रभावित क्षेत्र माना जाता है यहां के मतदाता निडर होकर मतदान कर सके इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग मतदाता सुची भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदाता सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे मतदाताओं को मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ अपनी पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा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 मतदाता सूची मोबाइल ऐप भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में दर्ज नाम को ऑनलाइन देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन कॉल सेंटर या निःशुल्क एसएमएस सेवा का उपयोग किया जा सकता है निर्वाचन आयोग ने देश के करीब सतयासी करोड़ मतदाताओं की सहूलियत के लिए वोटर हेल्पलाइन एंड्रायड एप्लीकेशन शुरू किया है आयोग ने अपनी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनवी एसपी डॉट इन में मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर सर्च का विकल्प उपलब्ध कराया है आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया गया है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इस ऐप के माध्यम से मतदाता एक ही स्थान से भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट स्वीप मतदाता सर्च और शिकायत पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा मतदाता टोल फ्री नंबर एक नौ पांच शून्य पर सीधे कॉल कर मतदाता सूची संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मोबाइल एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी ऐप भी शुरू किया है यह मोबाइल ऐप दिव्यांग मतदाताओं के पंजीयन और उनके आवेदन की स्थिति मतदान केन्द्र का स्थान और कई अन्य उपयोगी जानकारियां प्रदान करता है इस ऐप में एक और नई सुविधा जोड़ी गई है जिसके जरिये दिव्यांग मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जान सकेंगे इसके माध्यम से दिव्यांग मतदाता उनके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामों की सूची को भी मतपत्र दर्ज क्रमों के अनुसार सुन सकेंगे चुनाव कर्मी कार्रवाई अंबिकापुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी ने छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है इसी तरह कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ एक विद्यामितान को भी सोशल मीडिया के जरिए एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने के आरोप में कार्यमुक्त कर दिया गया है वहीं जशपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में कुनकुरी के एसडीएम जनपद पंचायत के सीईओ और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही कुनकुरी के राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है संक्षिप्त समाचार कांकेर जिले के तुमसनार गांव के ग्राम पटेल की माओवादियों ने हत्या कर दी है बलरामपुर जिले के वाड़ाफनगर में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक मतदान कर्मी की मौत हो गई है जबकि चार अन्य मतदान कर्मी गंभीर रुप से घायल हुए हैं दुर्ग जिले के समोदा स्थित राइस मिल में कल हुए हादसे में मारे गए तीन लोगों के शवों को आज बरामद कर लिया गया है पूर्व आईपीएस मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर आज रायपुर स्थित आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने रेखा नायर को नोटिस जारी किया था